झारखण्ड विधानसभा में आज भी भाजपा सदस्यों द्वारा हंगामे के आसार बाबूलाल मरांडी को विरोधी दल के नेता बनाने की कर रहे हैं मांग

सीएम कोरोना मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस आपदा जैसी है इससे कैसे निजात पाया जाए सरकार इस विषय को लेकर विषेष चिंतित है उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए विषेष सर्तकता बरतने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में विषेष एहतियात बरतने के निर्देष दिए गए हैं उन्होंने राज्यवासियों से सुरक्षा पर ध्यान देने और हर तरह की सावधानी बरतने की अपील की है इधर कोरोना वायरस से निपटने के लिए रिम्स में आइसोलेषन वार्ड बनाया गया है रिम्स प्रबंधन द्वारा एंब्लेस को भी आइसोलेषन करने की योजना है इसके लिए पचास बोतल सोडियम क्लोराइड का स्प्रे मंगाया है ताकि मरीज को ले आने और ले जाने के बाद एंबुलेंस को स्प्रे किया जा सके डाक विमाग कोरोना वायरस के संक्रमण से खतरा को देखते हुए चीन से आने और जाने से संबंधित सभी प्रकार के डाक की बुकिंग बंद कर दी गई है झारखण्ड की डाक महाअध्यक्ष षषि षालिनी कजुर ने बताया कि राज्य के सभी सर्किल को आदेष जारी कर दिया गया है डाक घरों में ऐसे सभी पत्र एवं पार्सल के अलावा सभी प्रकार के डाक की बकिंग को बंद करने का आदेष दिया गया है जो चीन ने संबंधित है डाक विभाग साधारण पत्रों पर भी विषेष नजर रख रहा है इधर कोरोना के संक्रमण को लेकर कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल में भी विषेष सर्तकता बरती जा रही है कंपनी के कर्मचारियों ने बायोमैट्रिक उपस्थिति का विरोध करना षुरू कर दिया है कर्मचारियों का मानना है कि इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा है राज्यसभा राज्य में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया षुरू हो जाएगी उम्मीदवार तेरह मार्च तक नामांकन के पर्चे दाखिल कर सकेंगे सोलह मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अठारह मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे छब्बीस मार्च को झारखण्ड विधानसभा परिसर में प्रातः नौ बजे से मतदान कराया जाएगा और षाम पांच बजे तक मतगणना के परिणामों की घोषणा की जा सकती है झारखण्ड से राज्य सभा के दो सांसद परिमल नाथवाणी और प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हो रहा है इस बीच संयुक्त प्रगतिषील गठबंधन यूपीए ने एक सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष षिब्र सोरेन को उम्मीदवार बनाये जाने की घोषणा की है कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं से बातचीत करने के बाद रांची में पत्रकारों को इस आषय की जानकारी दी उधर भाजपा में एक सीट के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी सहित छब्बीस विधायक हैं जीत के लिए कम से कम एक विधायक की और आवष्यक्ता होगी स्पेषल स्टोरी लातेहार लातेहार के उपविकास आयुक्त ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यो में तेजी लाने का निर्देष दिया है

विपक्षी विधायकों को पिछले पांच दिनों से शोर षराबे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही है

इस दौरान राज्य के वित्तमंत्री रामेष्वर उरांव ने पिछली सरकार में बंद हुए सभी सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की

स्टीफन मरांडी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष पद पर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को मनोनीत किया गया है इस संबंध में योजना सह वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी श्री मरांडी अगले आदेष तक बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष बने रहेंगे श्री मरांडी के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर झामुमो के केन्द्रीय महासचिव मनोज पांडे सहित कई नेताओं ने बधाई दी है पुरस्कार चाईबासा जिले के राजनगर की पूर्व सचिव और राजनगर जिला परिषद सदस्य सुश्री चामी मुर्मू को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आगामी आठ मार्च को राष्ट्रपति भवन के सभागार में नारी षक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सुश्री मुर्म को राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्द प्रषस्ति पत्र और दो लाख रूपये नगद देंगे चामी मुर्म को वर्ष दो हजार उन्नीस में महिला सषक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नारीषक्ति प्रस्कार दिया जा रहा है

महिला सषक्तिकरण अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को सषक्त बनाने को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस सिलसिले में गिरिंडीह जिले के बेंगाबाद और मोहनपुर प्रखण्ड के कई महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से सषक्त बनाया जा रहा है मोहनपुर की आसिमा खातून का कहना है कि कड़कनाथ मुर्गा बकरी और गाय पालन कर प्रत्येक माह बीस से पच्चीस हजार रूपये की आमदनी कर रही है उनका कहना है कि केन्द्र सरकार के पहल से महिलाओं में जागृति आई है

ताकि अधिक से अधिक विधार्थियों और बुजूर्गो को इस योजना का लाभ मिल सके

भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है

मौसम विज्ञान केन्द्र रांची से प्राप्त सूचना के अनुसार आज और कल बारिष होने की संभावना है